केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि उनके मंत्रालय का उददेश्य देश भर में भारतीय महिला जैविक समारोहों का आयोजन करके भारतीय महिला उदयमियों व किसानों को ज्यादा खरीददारों के साथ जोड़ना है

उन्होंने कहा कि मंत्रालय इन समारोहों के माध्यम से लोगों को श्रू की गई विभिन्न पहल कदमियों व महिला बाल विकास की योजनाओं बारे शिक्षित करने का भी प्रयास कर रहा है चंडीगढ़ समारोह में ऐसा पहला आयोजना था जिससे महिला किसानों व उदयमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई

समारोह में कपड़ा अनाज बीज आभूषण बेकरी के समान सहित हजार के करीब जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित किया गया मीडिया को सम्बोधित करते हये श्रीमती मेनका गांधी ने देशभर में बेहतर स्वासथ्य और वातावरण मित्र जीवन शैली बनाने के लिये जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया

हर नंबर से मतदाता अपने वोट से सम्बधित हर प्रकार की जानकारी ले सकेंगे हरियाणा के म्ख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव जैन ने आगामी लोकसभा च्नावों की तैयारी की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने प्लिस अधीक्षकों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कहा कि वे अगले सप्ताह अपने अपने जिलों के संवदेनशील व अति संवदेनशील मतदान केन्द्रों व कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करें उधर आज यम्नानगर में एक विशेष शिविर लगाकर मीडिया प्रतिनिधियों को ईवीएम और वी वी पैट की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई और बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों में सभी मतदान केन्द्रों पर वी वी पैट की स्विधा मिलेगी केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री डा स्भाष भामरे ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिक दिवस रैली को सम्बोधित करते हये कहा कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है और वो भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण के लिये हर संभव कदम उठा रही है उन्होंने सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों की जानकारी दी डा भामरे ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने चालीस वर्षो से लंबित पड़ी वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी की है इस मौके सेना प्रमुख जरनल बिपिन रावत वाय् सेना प्रम्ख एयर चीफ मार्शल डी एस धनोआ तथा नौ सेना प्रम्ख स्नील लांबा भी उपस्थित थे

आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि साध् संतो के साथ साथ विदेशी भी इस महा आयोजना का गवाह बनने पहंच रहे है

श्री विज ने अम्बाला छावनी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यलय के नवनिर्मित भवन का उदघाटन करने के बाद लोगों को स्मबोधित करते हुये कहा कि आयुष्मान भारत योजना जैसी विश्व में कोई योजना नहीं है

उन्होंने सामान्य वर्ग के लिये दस प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के निर्णय की सराहना करते हये कहा कि इससे गरीब परिवार के बच्चों को शैक्षणिक संसथाओं में दाखिले व नौकरी लेने में लाभ होगा

श्री विज ने कहा कि कांग्रेस जीएसटी पर दोगली नीति अपना रही है उन्होंने लोगों को मकर संक्रांति की बधाई देते ह्ये कहा कि सूर्य धरती के निकट आने से अधिक ऊर्जा मिलती है उन्होंने कहा कि इस भवन में आध्निक मीडिया सेंटर बनाया जायेगा और वीडियो कांफ्रेसिंग की व्यवस्था की जायेगी कयूंकि प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं से समय समय पर वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये बात करते है

आज भिवानी के गांव धनाना में अपने एक समर्थक के घर पहंचे क्लदीप बिश्नोई ने कहा कि जींद उप च्नाव में कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप स्रेजवाला का म्ख्य म्काबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से है कांग्रेस में फूट पर उन्होंने कहा कि पार्टी एकज्ट है और भारतीय जनता पार्टी के बयान निराधार है अगर ऐसा होता तो नामांकन के दिन सभी वरिष्ठ नेता एक साथ न होते रणदीप स्रजेवाला को बौखलाहट में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाये जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी दवारा करवाये सर्वे में सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आने पर रणदीप को च्नाव तौर में उतारा गया उन्होंने कहा कि राहल गांधी हरियाणा कांग्रेस संगठन में फेरबदल करना चाहती है आगामी लोकसभा च्नाव लड़ने बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव ही लड़ेगे हरियाणा में आज कई जगह मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है यम्ना नगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्वाल्ओं ने आज यम्ना नदी पर हथिनी क्ंड दादूप्र अमादलप्र और यम्नानगर घाटों पर स्नान व पूजा अर्चना की क्षेत्र के प्राचीन मदिरों में श्रद्वाल्ओ की भीड़ लगी हई है अमादलप्र के श्री सूर्य क्ंड मंदिर आदि बद्री तीर्थ स्थल व सरस्वती धाम में श्रद्वालुओं ने अनाज वस्त्र बर्तन व ग्रुड तिल से बनी चीजों का दान किया मंहत स्वामी अखिलानंद जी ने बताया कि सूर्य मकर राशि में सात कर इक्यावन मिनट पर प्रवेश करेगा और उसके बाद कल भी मकर सक्रांति का पर्व मनाया जायेगा हरियाणा और चंडीग में रात के तापमान में कई जगह क्छ गिरावट दर्ज की गई

हिसार में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम रहा नारनौल में अधिकतम तापमान सामान्य से कम चल रहा है जिस कारण ठंड बनी हुई है

हरियाणा के भिवानी जिले के बवानी खेड़ा कस्बे में आज एक सड़क हादसे में एक महिला की मृत्य् हो गई और करीब छ लोग घायल हो गये हादसा ट्रैक्टर में तकनीकी गड़बड़ी से हआ हादसे का शिकार हये वस्रक्ति गाजर की फसल की ख्दाई के लिये जा रहे थे

काबिले गौर कि इसी मार्ग पर पपोसा टी प्वांट पर डंपर व मोटर साइकिल की टक्कर में तीन लोग मारे गये थे सोनीपत के कल देर रात क्ंडली के पास नैशनल हाइवे प्याऊ मनियारी गांव के निकट हये एक सड़क हादसे में दो य्वकों की मौके पर मौत हो गई और दो य्वक घायल हो गये